विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में चार दिन का समय शेष

दीपोत्सव के तहत आज प्रदेशभर में अन्नकूट और गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है आज के दिन अधिकांश मन्दिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है जिसमें श्रद्वालुओं को अन्नकूट की प्रसादी वितरीत की जाती है राजधानी जयपुर के गोविन्द देवजी मन्दिर और वैशाली नगर स्थित अक्षरधाम मन्दिर में भी आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है करौली के प्रसिद्ध मदनमोहन मन्दिर में विशेष आयोजन किया जा रहा है जिलेभर में बृज क्षेत्र की संस्कृति के अनुसार गोवर्धन पूजा की जा रही है

झालावाड़ के विभिन्न कृष्ण मन्दिरों में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हो रहा है और गौशालाओं में गौ पूजन किया गया जालौर जिले में गोवर्धन पूजा के मौके पर गौशालाओं में गायों के सींग पर रंग लगाकर सजाया गया है और गौ पूजन किया जा रहा है चूरू में आज सुबह परम्परागत तरीके से गोवर्धन पूजा की गई महिलाओं ने घर के मुख्य द्वार पर गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर रीति रिवाज से पूजन किया भारतीय रिजर्व बैंक ने बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए विदेश से ऋण लेने संबंधी नियमों को सरल बना दिया है रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि ब्नियादी ढांचा क्षेत्र में बाहरी वाणिज्यिक ऋण संबंधी न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दी गई है इसके अतिरिक्त हेजिंग के लिए अनिवार्य अवधि दस वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दी गई है गैर बैंकिंग संस्थाओं से कर्ज लेने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है संयुक्त राष्ट्र डाक प्रणाली ने दीपावली के अवसर पर प्रज्ज्वलित दीप के साथ डाक टिकट जारी किए हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने इस सद्भाव के लिए संयुक्त राष्ट्र का आभार व्यक्त किया है यह टिकट संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के डाकघर के अलावा ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में चार दिन का समय शेष है ऐसे में सभी बड़े राजनैंतिक दल चुनावी तैयारियों में जोर ॅशोर से जुट गए है हालांकि अभी तक दोनों बड़े राजनैतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है लेकिन संभावित उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी जताने में जुटे हुए हैं केन्द्रीय स्क्रीनिंग कमेटियां टिकिट वितरण के काम को अंतिम रूप दे रही है

प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कल आखिरी दिन है

निर्वाचन विभाग विभिन्न माध्यमों के जरिए लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील कर रहा है

बीकानेर मे निर्वाचन विभाग शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने और लोगो को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जिलेमर में कई आयोजन कर रहा है बीकानेर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर दिव्यांगों के लिए विशेष इन्तजाम किए जा रहे है

हनुमानगढ़ जिले में निर्वाचन विभाग विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से नए नए नवाचार अपना रहा है

उन्होंने कहा कि इनकी अवहेलना करने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में यह बात कही

बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में कल देर रात एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने से आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जल गया

ये सभी दुकाने कपड़े की थी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का असर पूरे प्रदेश में दिख रहा है सर्द हवाओं ने गुलाबी ठंड का असर बढ़ा दिया है दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने सेना के जवानों से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर होने वाली बातों पर विश्वास न करें कल अरुणाचल प्रदेश में हायूलियांग में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जवानों से बातचीत में उन्होंने फेसबुक और ट्वीटर पर सेना के बारे में नकारात्मक खबरों से उन्हें दूर रहने की सलाह दी है